इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के उददेश्य से प्रदेश सरकार ने लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं देने के लिए कई कदम उठाए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल अधोसंरचना को सुदृढ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में हिम स्वान नैटवर्क और राज्य डाटा केंद्र स्थापित किए गए हैं इस अवसर पर केंद्रीय इलैक्ट्रिॉनिक्स और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि एस टीपीआई इकाईयों ने निर्यात में उल्लेखनीय विकास किया है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने अधिकारियों को प्रदेश को ग्राम स्वराज की ओर बढ़ाने की मूल भावना के साथ ग्रामीण स्तर पर कार्य करना चाहिए ऊना में आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि पंचायतों में वार्ड स्तर पर वर्षा जलसंग्रहण टैंक तालाब रास्ते का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण स्तर पर विकास को आगे बढाया जा सके उनहोंने पंचायत अधिकारियों को गांव की जरूरत के मुताबिक कार्य योजना बनाने और हर तीन माह में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा बादल कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के अंजनी महादेव में आज तडके बादल फटने से अंजनी महादेव नाले में बाढ़ आने से एक अस्थाई पुल मलबे से ढक गया है समाचार एजेंसी हिंदुस्थान समाचार के अनुसार इससे गोशाल गांव का संपर्क अन्य भागों से कट गया है और नेरोकृंड पुल सहित पेयजल योजनाओं व उपजाउ जमीन को भी नुकसान हुआ है उधर चंबा जिले में रजेरा के उपरी क्षेत्रों में भी आज सुबह बादल फटने से चंबा भरमौर मार्ग दोपहर तक बंद रहा और फसलों को नुकसान पहुंचा है चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि पानी के तेज बहाव में पावर ग्रिड प्रौजैक्ट की दीवार भी ढह गई स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है दुर्घटना मनाली चण्डीगढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मण्डी जिले के थरोट में आज सुबह एक कार व बस की टक्कर में मध्य प्रदेश के एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं घायलों को जिला अस्पताल मण्डी में भर्ती किया गया है पर्यटक मनाली से चण्डीगढ़ की तरफ जा रहे थे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है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

इसके अलावा सौर पार्कों और रूफ टॉप कार्यक्रम की समीक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी अस्पताल सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में डिजिटल मशीनें न होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे सोलन प्रतिनिधि ने बताया है कि मरीजों को एक्सरे व अल्ट्रासांउड सहित सभी जरूरी टैस्ट मंहगे दामों पर निजी लैब में करवाने पड़ते हैं लोगों ने अस्पताल में आधुनिक मशीनें लगाने की मांग सरकार से की है ताकि गरीबों को राहत देने के लिए चलाई गई स्वास्थ्य योजनाएं सार्थक हो सकें इस बीच वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक महेश गुप्ता ने बताया कि जल्द ही अस्पताल में आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी जिससे मरीजों को लाभ होगा